सवाईमाघोपुर जिले में भी बारिश के कारण बांधों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है क्छ स्थानों पर बांध रिसाव की समस्या भी सामने आई है

कल नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने क्षेत्र की गलियों और सड़कों का भौतिक निरीक्षण कर इन्हें तुरंत दुरूस्त करें

कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शैलेन्द्र अग्रवाल को गृह रक्षा जेल और राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है आईएएस रवि जैन को आयुक्त स्कूल शिक्षा तथा विशिष्ट शासन सचिव राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद बाबूलाल मीणा को संयुक्त शासन सचिव जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग आनंदी को संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग शंकर लाल कुमावत को संयुक्त शासन सचिव डीएटी और अनुपमा जोरवाल को सिरोही का जिल कलक्टर नियुक्त किया गया है राज्य प्रशासनिक सेवा में बडे स्तर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर उप उप जिला कलक्टरों के तबादले हुए है

वे आज खानपुर तहसील के लडानिया गांव में शहीद मुकुट बिहारी के परिजनों से मुलाकात करेंगी इसके बाद उनका अकलेरा और मनोहरथाना में जन संवाद कार्यक्रम है श्रीमती राजे कल झालरापाटन में बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगी

सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने कल जयपुर में हुई एक बैठक में ये जानकारी दी

गौरतलब है कि राजस्थान में आसपुर और दोवडा क्षेत्र के अधिकांश गांवों में फ्लोराईड युक्त पानी मिल रहा है

झालावाड में देवशयनी ऐकादशी के पर्व पर आज बडी संख्या में श्रृद्वालुओं ने चन्द्रभागा सहित अन्य सरोवरों में पवित्र स्नान और दानपूण्य कर पूजा अर्चना की